बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पटना स्थित जदय्र कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा का पार्टी में स्वागत किया इसके पूर्व श्री कुशवाहा ने रालोसपा की राष्ट्रीय समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जदयू में पार्टी के विलय करने की घोषणा की उन्होंने कहा कि जनता का विकास ही सभी का मुख्य लक्ष्य है

उन्होंने कहा कि जनता के विकास के लिए सभी को एकजुट करना है श्री कुमार ने उपेन्द्र कुशवाहा के लिए तत्काल नई जिम्मेदारी की भी घोषणा की

परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने का कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे परीक्षा योद्धा आंदोलन का हिस्सा हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम का यह चौथा संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा बाईट कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रू ब रू होंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र अध्यापक या अभिभावक श्माई गोव इनोवेट प्लेटफार्मश पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं

प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न प्रछने का मौका मिलेगा प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर भी श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों और अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए बाईट आज का दिन लास्ट डे है जबकि हमको परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को जानते हैं कि चिंता क्या होती है इस रूप में जब वो हमारे बच्चों को हमारे शिक्षकों को और जब पैरेंट्स को यह बतायेंगे कि परीक्षा किस तरीके से दी जाये परीक्षा में चिंता को किस तरीके से दूर भगाया जाये तो इससे अच्छा और उत्तम कुछ नहीं हो सकता तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का लाम उठायें पूरी दुनिया में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है और जब भी इस कार्यक्रम का आयोजन हो तो इसके भागीदार बनें मेरी शुभकामनाएं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन शिक्षक विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंध प्रणाली ओटीपीआरएमएस प्रमाण पत्रों को डिजीलॉकर के साथ जोड़ने की घोषणा की है इससे सत्यापित प्रमाण पत्रों की सुगमता सुनिश्चित होगी जारी प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से डिजीलॉकर में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उसी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और डिजीलॉकर की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा श्री पोखरियाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी ओटीपीआरएमएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दो सौ रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है प्रदेश में प्रस्तकालय अध्यक्षों के खाली पड़े आठ सौ तिरानवे पदों पर शीघ्र बहाली की जायेगी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि प्रस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी इस पद के योग्य होंगे श्री चौधरी ने कहा कि पांच सौ से अधिक किताबों वाले पुस्ताकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद भी सुजित किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के लिए तीन महीने का विशेष कैचअप कोर्स भी शुरू किया जा रहा है प्रदेश के पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने राज्यपाल फागू चौहान के मुलाकात की श्री सहनी ने राज्यपाल से भेट कर निषाद जाति को एससी में शामिल किये जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा श्री सहनी ने कहा कि निषाद जाति को उचित हक नहीं मिल रहा है उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार के साथ अपने अधिकार के लिए वह हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं भागलपुर पूर्वी चम्पारण और मधुबनी समेत प्रदेश के ग्यारह जिलों में चाईल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जायेंगे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कोर्ट के लिए बीस बीस लाख रूपये का आंवटन किया गया है इन अदालतों में पॉक्सो एक्ट और अन्य बाल अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है इस योजना के अन्तर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किये जायेंगे यह नियम पहली अप्रैल से लागू होंगे बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने राज्य में चलने वाली बसों के किराये में पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ोतरी का फैसला किया है फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने बताया कि आज मध्य रात्रि से किराये में वृद्धि का निर्णय लागू कर दिया जायेगा उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों और दूसरे राज्य में जाने वाली बसों के किराये में बढ़ोतरी की गयी है उन्होंने कहा कि बढ़े हुये किराये के संबंध में परिवहन विभाग को सूचना दे दी गई है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पटना भागलप्रर मुजफ्फरप्र और सारण समेत तेरह जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा उन्होंने विधानसभा में विभाग के बजट पर वाद विवाद में कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत सभी गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है श्री पांडेय ने कहा कि अस्पतालों में खाली पदों को भरने के लिए अभियान चलाया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रखंडों में जन औषधि केन्द्र की सुविधा अगले साल से मिलने लगेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी राज्य में अब तक तेरह लाख पंचानवे हजार दो सौ उन्नीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इनमें से दस लाख तिरानवे हजार पांच सौ इक्यानवे लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख एक हजार से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गयी है प्रदेश में कल अस्सी हजार एक सौ पचासी लाभार्थियों को कोविड के टीके दिये गये हैं इनमें से इकयठ हजार नौ सौ दो लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि अठारह हजार दो सौ तेरासी लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है स्वास्थ्य विभाग ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ जीविका दीदियों को भी कोरोना का टीका लगाने का निर्देश दिया है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोरोना टीकाकरण को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध रूप से प्रयास तेज किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों और होली में बाहर से आने वाले लोगों को देखते हुये टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है साथ ही राज्य के सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड की रैंडम जांच की जायेगी प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ कर दो लाख इकसठ हजार बानवे हो गयी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में अट्ठाईस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी वहीं इसी अवधि में तेरह जिलों से अड़तीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई है इसमें सबसे अधिक सत्रह मामले पटना से हैं एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद मास्क पहनने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है

महानिदेशालय ने कहा है कि यदि कोई यात्री कोविड उन्नीस मानकों का पालन नहीं करता है तो उसे उचित चेतावनी के बाद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया जाना चाहिए प्रदेश में अगले चौबीस घंटे के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की सम्भावना है इधर मौसम विभाग के अनुसार परसों से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ चलने की सम्भावना है जिससे मैदानी क्षेत्र प्रभावित होगा मौसम वैज्ञानिक सुधांशू कुमार ने कहा कि अगले एक से दो दिन के दौरान दिन के तापमान में वृद्वि होगी

शेखपुरा पुलिस ने शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के पांची गाव से तीन साइबर ठग को गिरफ्तार किया है पुलिस ने उनके पास से बारह लीटर शराब भी बरामद किया है एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार लोगो के पास से मोबाइल सेट बैंक पासबुक और एटीएम जब्त किया गया है इधर जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान प्रलिस ने नकल करने के आरोप में अट्ठारह परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है जमुई पुलिस ने केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की मदद से चकाई थाना क्षेत्र से एक नक्सली संजय हांसदा को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय